बहुजन समाज पार्टी आम चुनावों में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी

उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू ने कहा है कि नोटबंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हुई है और इससे डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिला है

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके साथ दांडी मार्च करने वाले सभी आंदोलन कारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है

अपने एक ब्लॉग में श्री मोदी ने कहा कि सरदार पटेल ने दांड़ी मार्च की योजना बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी प्रधानमंत्री ने कहा कि वे पिछले महीने ही दांडी गये थे जहां बापू ने मुटठी भर नमक उठाया था वहां अब आधुनिक संग्रहालय बन गया है उन्होंने लोगों से इसे देखने जाने का आग्रह किया है बसपा घोषणा बहुजन समाजपार्टी ने घोषणा की है कि वे आम चुनाव में वह कांग्रेस के साथ किसी भी राज्य में गठबंधन नहीं करेगी लखनऊ में पार्टी प्रमुख मायावती की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों के पार्टी नेताओं की एक बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश और उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन आपसी सदभाव और सम्मान पर आधारित है च्नावआयोग निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूरे एक महीने के लिये चुनाव स्थगित नहीं किये जा सकते इसलिये रमजान के महीने में भी लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही प्ररी होगी आयोग ने कहा है कि चुनाव के दौरान पड़ने वाले मुख्य त्यौहार ईद और शुक्रवार के दिन मतदान नहीं कराया जा रहा है और चुनाव तारीखों को अंतिम रूप देने से पहले सभी धर्मों के त्यौहारों का ध्यान रखा गया है गौरतलब है कि रमजान त्यौहार का हवाला देकर तृणमुल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव तारीखों को लेकर सवाल उठाये थे

सीबीएसई द्वारा आयोजित कक्षा दसवीं और बारहवीं के परीक्षार्थी अब परीक्षा हाल में पानी के बोतल भी ले जा सकेंगे और परीक्षा के दौरान वे घड़ी भी पहन सकेंगे परीक्षार्थियों से फीडबैक के बाद यह बदलाव किया गया है सख्त नियमों में चलते पिछले वर्ष परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था

ग्वालियर में संपन्न संघ की तीन दिवसीय प्रतिनिधि सभा में पारित प्रस्ताव में परिवारों में मूल्यों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है संघ के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने मीडिया से चर्चा करते हये कहा कि परिवार समाज की आधारभूत ईकाई है संस्कार ना मिलने के कारण परिवार में जघन्नय अपराध हो जाते है ऐसे में यह निर्णय लिया गया कि परिवार ने सकारात्मक माहौल बन सके इसके लिये धारावाहिक और फिल्में बनाई जाये जिन्हें लोगों को दिखाया जायेगा चुनाव गतिविधियां लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ मध्यप्रदेश में भी राजनैतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं प्रत्याशी चयन को लेकर जहां विभिन्न राजनीतिक दल विचार विमर्श में जुटे हैं वहीं चुनाव अभियान भी शुरू कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता राज्य में रोजाना ही अलग अलग जगहों पर सभाये कर रहे हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने आज श्योप्र के जिले में विजयप्र में विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हये कहा कि केन्द्र सरकार ने सबका साथ सबका विकास के ध्येय के साथ काम किया है पिछले पांच वर्षो में लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों लोग लाभान्वित हुये हैं नेताओं ने प्रदेश में कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुये कहा कि कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है और प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ गई है वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दमोह में एक सभा को संबोधित करते हुये कहा कि उनकी सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान वचनपत्र में दिये गये वादों को पूरा कर रही है

जिसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के शस्त्र लेकर चलने या इनके सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह जवाबदारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी की होगी कि इस आदेश का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करायें

भिंड में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर भी पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी वहीं गुना और बैतूल जिला निर्वाचन अधिकारियों ने चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों से बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिये हैं खरगोन में आयोजित बैठक में जिला निर्वाचन आधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों से आचार संहिता का पालन करने के साथ ही सभी राजनीतिक गतिविधियां पूर्व अनुमति लेकर आयोजित करने को कहा है खंडवा में चुनावी तैयारियों को लेकर अधिकारियों को यह निर्देश दिये गये है कि पूरी तरह निष्पक्ष रह कर कार्य करें और आचार संहिता उलघ्घन की शिकायतों पर गंभीरता से कार्यवाही करें अंत्येष्टि वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुंदरलाल तिवारी का आज रीवा जिले में उनके गृह ग्राम तिवनी में अंतिम संस्कार किया गया उनका केल सुबह दिल का दौर पड़ने से निधन हो गया था श्री तिवारी ने रीवा संसदीय क्षेत्र का लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया था

मुख्यमंत्री कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित कई नेता उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुये और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की मौसम प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर जारी है जहां अलसुबह हल्की ठण्ड महसूस की जा रही है वहीं दिन में पारा चढ़ने से गर्मी बढ़ जाती है रात में भी तापमान में कोई कमी नहीं आने से लोगों ने राहत की सांस लेते हुए गर्म कपड़ो का उपयोग लगभग बंद कर दिया है हालांकि दिन के तापमान में अचानक आई बढ़ोत्तरी से मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है राजधानी भोपाल में दिन भर ध्रप खिलने से गर्मी महसूस की जा रही है साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों में भी मौसम शुष्क बना हुआ है

गृह विभाग के प्रमुख सचिव एस एन मिश्रा इसका उदघाटन करेंगे